ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राज्य के लोगों से मास्क अप कैम्पेन का हिस्सा बनने की अपील की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

विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रान्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तम्भ है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाये रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

उन्होंने कहा कि ये सिक्का भारत के एफए ओ के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाता है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राज्य के सभी लोगों से मास्क अप कैम्पेन का हिस्सा बनने की अपील की है उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना महामारी के ईलाज की कोई दवा नहीं मिलती तब तक मास्क ही सुरक्षित रहने का सबसे कारगर उपाय हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्वयं व अपने परिवार को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए घरों से बाहर निकलते समय फेस कवर का उपयोग कर केन्द्र सरकार के मास्क अप अभियान का हिस्सा बने

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानवीय मूल्यों पर कार्य करने वाली सरकार है उन्होंने कहा कि गांवों के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना और किसानों के हितों को ध्यान में रखना सरकार की प्राथमिकता है बिक्रम ठाक्र आज जस्वां परागपुर के दोदरा में विभिन्न कार्यों के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बाद में उन्होंने डाडासीबा में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की और कहा कि समिति का पैसा रोगियों की सुविधा पर ही खर्च होगा

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के अनुसूचितजाति वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है हंसराज आज चंबा में अनुसूचितजाति उपयोजना के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा इंसराज ने ये भी कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा

इन संगठनात्मक ज़िलों में नूरपुर कांगड़ा पालमपुर देहरा सुंदरनगर और कुल्लू शामिल है इस आयोजन को लेकर आज शिमला पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे

अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि कोरोना से हुई मौतें सामान्य नहीं हैं ऐसे में कोरोना से हुई मौतों को प्राकृतिक आपदा घोषित कर मृतक के परिजनों को तत्काल ये राशि दी जानी चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के हल्के में ले रही है प्रदेश में कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है जिस कारण कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और प्रदेश स्तर से ज़िला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढौतरी लगातार जारी है राज्य में आज कोरोना से हमीरपुर ज़िला में एक मरीज की मौत हो गई

हींग औषधीय गुणों से भरपूर और भारतीय व्यंजनों में जायके की रीढ़ हींग की अब देश में भी पैदावार होगी

ये पौधा हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने ज़िला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रिगजिन हायरप्पा के खेत में रोपित किया

डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि देश में अभी तक हींग की खेती नहीं होती है लेकिन अफगानिस्तान से हींग के बीज लाकर संस्थान में यहां के मौसम के अनुकूल पौधा तैयार किया है

नवरात्रे आश्विन नवरात्रे कल से आरंभ हो रहे हैं नवरात्रों को लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य के तमाम शक्तिपीठों तथा बड़े मंदिरों सहित अन्य देवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है मंदिरों में रंग बिरंगी रौशनियों का विशेष प्रबंध किया गया है